आमजन को इसको लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है इसकी रोकथाम में सरकार किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगी श्री गहलोत कल शाम मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे इंतजामों की समीक्षा कर रहे थे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि स्थिति से निपटने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट और मास्क खरीदे जा रहे हैं प्रदेश के सात मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जांच की सुविधा शुरू की जा रही है चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इस वायरस के बारे में जनजागरूकता बहुत जरूरी है भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग के एसीएस रोहित कुमार सिंह लगातार वीडियो कांफ्रेंसिंग कर जिला कलक्टरों के सम्पर्क में है और आवश्यक प्रभावी कदम उठाये जा रहे है भारत ने नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को काफी गंभीरता से लिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं रोकथाम प्रयासों की देखरेख कर रहे हैं प्रधानमंत्री नियमित रूप से स्थिति की जानकारी ले रहे हैं सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रही है प्रधानमंत्री खुद हर दिन स्थिति पर नजर रख रहे हैं मंत्रिमंडल के सचिव और अधिकारी वीडियों कांफ्रेसिंग के जरिये सभी राज्य सरकारों के साथ प्रत्येक दिन संपर्क में है कोरोना वायरस के खतरे को लेकर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और कैबिनेट सचिव समी राज्यों के मुख्य सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बैठक कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय भी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है देशभर में अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं और विदेशों से भारत आने वाले लोगों की जांच की जा रही है कोरोना वाइरस से संबंधित जानकारी के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने हैल्प लाइन जारी की है

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकंडरी की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है

बोर्ड ने परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग और नकल रोकने के लिए तीन स्तर पर उड़न दस्ते गठित किए हैंजबकि संवेदनशील और अतिसंवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई और आगामी सभी परीक्षाओं में वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी

विधानसभा में कल सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हो गई सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने बताया कि विभाग की विभिन्न योजनाओं का सरलीकरण किया गया है मास्टर भंवरलाल मेघवाल कल विधानसभा में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे

श्री मेघवाल ने बताया कि देवनारायण योजना के तहत एक हजार स्कूटी के स्थान पर अब पन्द्रह सौ स्कूटी प्रति वर्ष दी जायेंगी वहीं विधानसभा में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की अनुदान मांग भी ध्वनिमत से पारित कर दी गई राज्य सरकार ने अधीनस्थ अदालतों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने मरम्मत और नवनिर्माण की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट से मोहलत मांगी है

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश डॉपुष्पेंद्रसिंह भाटी की खंडपीठ में याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने कहा कि अधीनस्थ अदालतों में आधारभूत सुविधाए मुहैया करवाने की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर भी की जा रही है